मुख्य सचिव ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खानों के आवंटन कार्य में तेजी लाने को कहा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

दस जिलों चूरू दौसा धौलप्र हनुमानगढ़ जैसलमेर जालौर झुंझनूँ करौली पाली और सवाईमाधोपुर में कोई भी नया मरीज नहीं मिला

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत बासवाड़ा से हमार्र श्रोता ने वैक्सीन लगवाने के बाद अपना अनुभव साझा किया और जागरूकता संदेश भी दिया

हनुमानगढ़ में वे एक सभा को संबोधित भी करेंगे इस दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं हमारे हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया कि सभा की तैयारियों का कल पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने जायजा लिया

कल जयपुर में राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक में उन्होंने बजरी के अवैध खनन पर कारगर रोक लगाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त कार्यवाही करने को कहा उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकना सरकार के प्राथमिकता है

राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष और खाद्य सचिव नवीन जैन ने कल एक बैठक में अधिकारियों को इस बारे में दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी एण्ड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के नियमानुसार कुकिंग ऑयल को तीन बार से ज्यादा इस्तेमाल करने पर यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है

राज्यसभा में श्री प्रसाद ने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म का देश में लाखों लोग उपयोग करते हैं उन्होंने कहा कि इन प्लेटफार्म को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जायेंगी

आज दिल्ली से पहली फ्लाईट जैसलमेर पहुंचेगी हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पर्यटन जगत से जुड़े व्यवसायियों के साथ ही जैसाणवासियों में हर्ष और उत्साह का माहौल है